मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के दिए निर्देश मौसम प्रदेश में मौसम साफ रहने से आज लोगों को कुछ राहत मिली है हालांकि पिछले कल हुए भारी हिमपात से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है

बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और अधिकतर जिलों में तापमान माईनस में रिकॉर्ड किया गया

बर्फबारी से लाहौल स्पिति किन्नौर कुल्लू चंबा और शिमला जिले के अधिकतर स्थानों में यातायात पेयजल विद्युत व संचार सुविधा बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चंबा जिला प्रशासन द्वारा बर्फबारी से अवरूद्ध चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग को बहाल करने का कार्य किया जा रहा है चंबा के एसडीएम शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में बारिश व बर्फबारी से अवरूद्व अधिकतर अंदरूनी मार्गों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है

बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि शिमला जिला के उपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से अवरूद्ध सड़कों को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं

बरागटा ने अधिकारियों को क्षेत्र में बिजली व पेयजल आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश भी दिए मांग उधर चंबा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप्प है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में मिंधल पंचायत समिति सदस्या कमला शर्मा ने सरकार से पांगी घाटी के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने की मांग की है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को अनुशासित व एकता के सूत्र में बांधने के लिए सामाजिक समरस्ता और सम्भाव को ज़रूरी बताया है कांगड़ा में ब्राह्मण कल्याण परिषद के रजत जयंती समारोह में आज उन्होंने कहा कि संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण में सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं विभिन्न माध्यमों से आम जनमानस की भलाई का कार्य कर रही हैं जयराम ठाकुर ने ज़िला प्रशासन को परशुराम भवन निर्माण के लिए लीज़ डीड की औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और ब्रजेश्वरी धाम मकर सकांति पर्व को ज़िला स्तरीय दर्ज़ा देने की घोषणा भी की इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारतीय सोच हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

वे आज मण्डी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सज्जाओ पिपलू में आयोजित तीन दिवसीय मैडिकल कैंप के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों से इस मैडिकल कैंप के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज सोलन सब्जी व फल मंडी में आयोजित किसान मेले में ये बात कही

मारकंडा ने बताया कि सोलन में जल्द ही टमाटर पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के छः सौ विकास खंडों को प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया गया है सहजल ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया

कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के छतड़ी में पैहड़ सड़क के सुधारीकरण कार्य का भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं सरवीण चौधरी ने इस दौरान जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने शिक्षा विभाग को मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं

मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत डबल फोर्टिफाईड नमक और विटामिन ए और डी युक्त तेल के उपयोग का परामर्श दिया है

पहली उड़ान भुंतर काजा शिमला दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच होगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूक कर रही है चंबा जिले के दौरे के दौरान आज बनीखेत में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं बल्कि नागरिकता देना है किशन कपूर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जितने भी जन हितैषी फैंसले लिए हैं विपक्षी दल कांग्रेस ने हमेशा ही उनका विरोध किया है